स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण कल से श्रू हो गया है

राज्य में क्ल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार तीन सौ सत्तासी हो गई है पिछले चौबीस घंटे में राज्यभर से कोविड जांच के लिए तीन हजार चार सौ तिरसठ सैंपल एकत्र किए गए है कल आए नए मामलों ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सौ लोअर दिबांग वैली से अद्वारह चांगलांग से पंद्रह ईस्ट सियांग से चौदह लेपारादा से बारह पाप्मपारे से दस लोअर सुबनसिरी और वेस्ट कामेंग़ जिले से आठ आठ अंजाव से सात तिराप से पांच नामसाई लोअर सियांग वेस्ट सियांग और तवांग जिले से चार चार लोहित से दो शी योमी और लोंगडिंग जिले से एक एक मामले शामिल है जबकि स्वस्थ हए रोगीयों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से बत्तीस लोअर दिबांग वैली से नौं पाप्मपारे और ईस्ट सियांग से चार चार चांगलांग से तीन लोहित जिले से दो वेस्ट कार्मेग़ और वेस्ट सियांग से एक एक रोगी शामिल है

बोर्ड ने एक दस्तावेज़ जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे

सीबीएसई ने इस वर्ष की दसवीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है

संघ के अध्यक्ष पवन बागांग ने कहा कि राज्य में कोविड एस ओ पी के लागू होने से पहले बहत से लोग प्रवेश कर चुके है और बड़े पैमाने पर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐसे लोगों की जांच भी किया जाना चाहिए उन्होंने प्रदेश में सीमित स्वास्थ्य संसाधनों के मद्देनजर लोगों से नियमित मास्क लगाने सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिं के नियमों का पालन करने की अपील की

शनिवार की रात को ईटानगर में रात्रि कर्फ्यू के पालन का जायजा लेते हए जिला उपाय्क्त ने कहा कि लोगों को कोरोना का किसी भी तरह का लक्षण महसूस होने पर बेझिझक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए उन्होंने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने और कोविड प्रबंधन में प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की